आज जारी होगी नयी सूची और केंद्र सरकार ने साहित्यिक चोरी पर यूजीसी के नये नियमों को दी मंजूरी

जिसकी सूची तैयार कर ली गयी है सीबीआई मामले में नयी प्राथमिकियां दर्ज करने की तैयारी कर रही है इसमें सरकार के वैसे पदाधिकारियों को भी आरोपित किया जा सकता है जो लंबे समय से ब्रजेश ठाकर के एनजीओ और अखबार को लाभ पहुंचाते रहे हैं सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग सभी दस्तावेजों की जांच कर रहा है उन्होंने कहा कि पूरी जांच के लिये पंद्रह टीमों का गठन किया गया है जिन्हें अलग अलग टास्क सौंपे गये हैं वहीं टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशन साइंस की रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है कि बालिका गृह में बच्चियों के घर वाले पैसे देकर ही लड़कियों से मिल पाते थे साथ ही संस्था बच्चियों को घर भेजने से भी रोकती थी

विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि लक्ष्य प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है इसके लिये कर्मचारी से लेकर लाभार्थियों तक प्रोत्साहन के लिए एक योजना शुरू की गयी है उन्होंने कहा कि विभागीय कर्मचारियों को कड़े आदेश दिये गये हैं जबकि ग्रामीण आवास सहायकों को दूसरे कार्य में नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से भेजे गये पत्र में कहा गया है कि इन बैंकों की विभिन्न शाखाओं से लगभग साढ़े तेरह करोड़ रूपये की राशि का गबन किये जाने का मामला सामने आने के बाद कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी योजना को तैयार करना उस पर अमल करना और लक्ष्य को हासिल करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की पोशाक राशि में भी वृद्धि कर दी गयी है जिसके अंतर्गत कक्षा दो तक छह सौ रूपये मिलेंगे इसी प्रकार कक्षा बारह तक भी पोशाक राशि में वृद्धि कर दी गयी है

संसद में इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद इसी वर्ष मार्च में जारी उच्चतम न्यायालय का फैसला बेअसर हो जाएगा

बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों की चिंता और सुझावों पर विचार विमर्श होगा परिषद की यह उनतीसवीं बैठक है इसमें राज्य को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की सिफारिशों पर चर्चा की जायेगी लोकसभा ने राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक दो हजार अठारह पारित कर दिया है खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस विश्वविद्यालय में शोध प्रशासन प्रशिक्षण और अन्य खेलों की गतिविधियों का समावेश होगा श्री राठौड़ ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और एकेडेमिक काउंसिल के सदस्य खेल क्षेत्र से होंगे

अब नये सिरे से सीट का एलॉटमेंट किया जायेगा बीसीईसीई ने कहा है कि आज शाम तक नया सीट एलॉटमेंट जारी कर दिया जायेगा जिसके बाद कल से सात अगस्त तक छात्र संस्थानों में जाकर रिपोर्ट कर सकेंगे

जिसमें कहा गया है कि साहित्यिक चोरी के दोषी पाये जाने पर शोध करने वाले शोधार्थी का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और संबंधित अध्यापकों की नौकरी भी खत्म की जा सकती है यूजीसी के अनुसार दस से चालीस प्रतिशत साहित्यिक चोरी पाये जाने पर संशोधित शोध पत्र पेश करना होगा जबकि चालीस से साठ प्रतिशत समानता मिलने पर शोधार्थी को एक साल के लिये संशोधित पेपर जमा करने से रोक दिया जायेगा

उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को गुणवत्तापूर्ण प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराना विभाग की जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिये किसानों को निबंधन कराना होगा इसके लिये प्रखण्ड के कृषि कार्यालयों में निबंधन केंद्र खोला गया है उधर राज्य में धान की रोपनी पचास प्रतिशत से बढ़कर बासठ प्रतिशत हो गयी है

सकरा प्रखंड के रघुनाथपुर दोनमा पंचायत के बसंतपुर झिटकाही गाँव में जहरीली गैस से एक महिला और युवक की मौत हो गयी तथा करंट लगने से एक युवक की मौत हो गयी है जबकि मुरौल प्रखंड में भी बिजली के करंट से एक युवक की मौत हो गयी साथ ही दो वाहनों की टक्कर में एक मैकेनिक समेत पांच लोगों की मौत हो गयी है पुलिस मुख्यालय ने आरोपियों की सजा की रफ्तार बढ़ाने के लिये थानेदारों को भी स्पीडी ट्रायल से जोड़ने का निर्णय लिया है डीजीपी के एस द्विवेदी ने बताया थानेदार स्पीडी ट्रायल के दौरान न्यायालय और मामलों के गवाहों के बीच तालमेल भी स्थापित करेंगे उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल की जिम्मेदारी थानेदार सही ढंग से निभा रहे हैं या नहीं इसकी जांच जिलों के एसपी करेंगे

श्री मलिक ने पटना के मगध महिला महाविद्यालय के सभागार में कॉलेज के इंडक्शन मीट औरं छः सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा से ही राष्ट्र सशक्त बनता है

सचिवालय बैडमिंटन हॉल में खेले गये जूनियर बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में रांची ने पटना को दो शून्य से हरा दिया

दरभंगा प्रमंडल के दस जिलों में एक सप्ताह के अंदर एक हजार तीन अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है जिसमें कई कुख्यात अपराधी भी शामिल हैं

उन पर कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप था

पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार बादलों का आकाश पर आनाजाना लगा रहेगा जबकि कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है वैज्ञानिकों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऊपरी हवा का चक्रवातीय क्षेत्र बना हुआ है जिसका असर राज्य पर पड़ा है उधर प्रदेश में गंगा गंडक कोसी सोन जैसी प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है बागमती का जलस्तर बेनीबाग में खतरे के निशान से अंठावन सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया

हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री के बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है मुजफ्फरपुर कांड से हम शर्मशार दैनिक जागरण ने आंकड़ों की कोई जरूरत नहीं एससी एसटी अपने आप में पिछड़े का शीर्षक दिया है दैनिक भास्कर ने जदयू विधायक बीमा भारती के पुत्र के हत्या की खबर को प्रमुखता दी है जबकि प्रभात खबर ने मौत से लड़ जीतने वाली सन्नो के कपाल में चोट

आज जारी होगी नयी सूची और केंद्र सरकार ने साहित्यिक चोरी पर यूजीसी के नये नियमों को दी मंजूरी